स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर आईसीएमआर के गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में तैयारी पूरी कर ली गई है राज्य में पिछले चौबीस घंटों में एक सौ इक्यवान नये कोरोना मरीज मिले दो सौ पचपन लोग संक्रमण मुक्त हुए नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की नवंबर महीने की सूची में झारखंड के रामगढ़ जिले को पहला स्थान मिला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

ये संयंत्र देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में खोले जाएंगे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वायत्त शासी निकाय केंद्रीय चिकित्सक आपूर्ति भंडार तैयार ऑक्सीजन की खरीद करेंगे

जिन अस्पतालों में ये संयंत्र लगाए जाने हैं उनका चयन संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सलाह से किया गया है इन संयंत्रों से जन स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत बनेंगी और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति किफायती दरो पर प्रभावी तरीके से की जा सकेगी कोविड के हल्के और गंभीर संक्रमण के मामलों में मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की सोच मात्रा और गुणवत्ता मानकों के दो सिद्वांतों पर आधारित है उन्होंने कहा कि इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे उत्पाद बनाए जाएं जो गुणवत्ता युक्त हों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डिन पर आत्मनिर्भर भारत के बारे में अपनी राय रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कौशल और प्रतिभा की भरमार है स्टार्टअप्स की सफलता युवाओं की नयी सोच और उत्साह को दर्शाती है उन्होंने कहा कि आज दुनिया में ऐसे सामानों की मांग है जो टिकाऊ होने के साथ किफायती भी हों मेक इन इंडिया अभियान के तहत ऐसे ही उत्पाद बनाए जा रहे हैं श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे उत्पाद बनाएं जिनमें कोई खामी ना हो और जो पर्यावरण की दृष्टि से भी सुरक्षित हो उन्होंने कहा कि देश में बने ऐसे सामान अपनी विश्वसनियता और गुणवत्ता को लेकर दुनिया के सुदूर हिस्सों के बाजारों तक पहुंच बनाएंगे झारखंड में भी कोरोना टीकाकरण की तैयारी पूरे जोर शोर से की जा रही है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए एनएचएम और मानव संसाधन को प्रशिक्षित किया गया है कल जमशेदपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी उपायुक्तों को इससे संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के गाइड लाइन के अनुसार तैयारी की जा रही है पाकुड़ जिला प्रशासन कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी में जुट गया है वैक्सिनेटरों को प्रशिक्षण देने के अलावे टीकाकरण वाले चयनित केंद्रों में वैक्सीन के रख रखाव सहित कोविड गाइड लाइन के मुताबिक सारी जरूरतों को पूरा कर लिया गया है

इस साल हज यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल यह जानकारी दी वे मुम्बई में हज समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे श्री नकवी ने बताया कि हज यात्रा के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख दस जनवरी है इस साल हज यात्रा जून से जुलाई के बीच होगी लातेहार जिला में उपायुक्त अब् इमरान ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यो की समीक्षा की

मृतकों में रांची और हजारीबाग से एक एक मरीज शामिल हैं

इनमें एक हजार चार सौ बाइस सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख तेरह हजार तीन सौ अस्सी मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार अड़तीस लोगों की मौत कोरोना से हुई है वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट सनतानबे दशमलव आठ सात प्रतिशत हैं अबतक अड़तालीस लाख सढ़सठ हजार चार सौ तीस कोविड नमूनों की जांच की गई है नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की नवंबर महीने की सूची में झारखंड के रामगढ़ जिले को पहला स्थान मिला है नीति आयोग ने एक ट्वीट में कहा कि कर्नाटक के यादगीर को दूसरे और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तीसरे स्थान पर रखा गया है इसके अलावा इस सूची में झारखंड के दुमका को चौथा और साहिबगंज को पांचवां स्थान मिला है बंगाल चुनाव की सरगर्मी के साथ आजसू पार्टी ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में कल आजसू ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पूरे जंगलमहल इलाके को आजसू एक स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार से आग्रह करेगी

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के काफिले पर हुए हमले की गंभीरता को देखते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए सरकार ने दो सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है इस समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के एक एक वरीय अधिकारी शामिल किए गए हैं समिति को मुख्यमंत्री के काफिले पर हए हमले की पूरी जांच कर विस्तुत प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया है इसके अलावा रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से शो कॉज की मांग की गई है चार जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला झारखंड मंत्रालय से लौट रहा था किशोरगंज चौक के समीप उपद्रवियों ने सुनियोजित साजिश के तहत काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की थी हालांकि रांची पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री के काफिले को रूट डायवर्ट कर सुरक्षित मुख्यमंत्री आवास पहंचाया था इस गंभीर घटना के कारणों की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के मामले में छियासठ नामजद और सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ सुखदेव नगर थाने में कल प्राथमिकी दर्ज की गई है

सभी से प्रछताछ की जा रही है एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि सभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज से भी उनकी पहचान की जा रही है कोडरमा के वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र सिरसिरवा में अवैध उत्खनन के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है

भारतीय रेलवे ने यात्री किराया बढ़ाए जाने की सम्भावनाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों को निराधार बताया है रेलवे ने स्पष्ट किया कि इन खबरों का कोई आधार नहीं है और किराया बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है रेलवे ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि निराधार खबरों को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचे अखबारों की सुर्खियां राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने कोरोना टीकाकरण अभियान और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर साजिशन हमले की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमिटी के गठन की खबर के साथ ओरमांझी हत्याकांड से जुड़ी खबर को प्रमुखता से छापा है

जबकि दैनिक जागरण ने लिखा है नए संसद भवन का रास्ता साफ केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेन्ट्रल विस्टा परियाजेना को हरी झंडी दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर कोरोना टीकाकरण की तैयारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है संक्रांति से टीकाक्रांति वहीं हिन्दुस्तान का शीर्षक है मुख्यालय से सभी प्रखंडों तक वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला साजिश डीजीपी एमवी राव का बयान होगी कार्रवाई इस खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है